नमग्या डोगरी नाले में हिमखंड में दबे नालागढ़ के जवान का शव बरामद अन्य जवानों की खोज जारी मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में भारी हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व ओलावृष्टि की चेतावनी की जारी

बाद में कोट में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी वजह से विकास से वंचित रहे क्षेत्रों को राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है

जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में नए उभरते भारत में पहाड़ी राज्यों के लिए विकास मॉडल पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में कहा कि योजनाबद्व और सतत विकास से ही प्रगति व समुद्दि के रास्ते अग्रसर हो सकते हैं उन्होंने नीति निर्माताओं और विचारकों को क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक नीतियां व कार्यक्रम बनाने की जरूरत बताई जयराम ठाकुर ने कहा कि योजनाकारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही ढंग से किया जाए ताकि लोग विकास योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन हिमालयन क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तैयार करने में मददगार साबित होगा इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विश्वास जताया कि सम्मेलन से नए विचार सामने आएंगे जो हिमालयी राज्यों के विकास में सहायक सिद्ध होंगे एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील अम्बेडकर ने भी सम्मेलन में विचार व्यक्त किए सम्मेलन में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजनीतिक व विश्लेषक और नीति निर्माता भाग ले रहे हैं महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ने नूरपुर में युद्ध स्मारक और दो उठाऊ पेयजल योजना की आज आधारशिला रखी बाद में बौड़ में एक जनसभा में उन्होंने बताया कि युद्ध स्मारक के लिए नूरपुर में भूमि सैनिक कल्याण विभाग के नाम हस्तांतरित हो चुकी है

उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लोगों से लाभ उठाने का आहवान किया सिंचाई मंत्री ने जसूर स्थित विभाग के उपमंडल कार्यालय का शुभारंभ भी किया

लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा ने शिमला में बताया कि ये अनुदान राशि योजना के तहत प्रदेश में निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए प्रदान की गई है

इस मौके पर उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस कार्यक्रम को भविष्य में सभी विद्यालयों में शुरू किया जाएगा उन्होंने कहा कि ये प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा अधिक रूचिकर बनाने में सहायक होंगी बाद में उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के शिमला मंडल द्वारा निकाली गई विजय सम्पर्क रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया

हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद आज शाम उनके पार्थिव शरीर को मौसम खराब हाने पर सड़क मार्ग र्स सोलन के लिए भेज दिया गया है

उपायुक्त ने बताया कि पिछले कल खोज अभियान में पंजाब रेजिमेंट के अतिरिक्त जवानों को शामिल किया गया है और इस दौरान बचाव दल को एक घडी भी मिली है अनिल शर्मा ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा है कि केन्द्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्गों को सीधा लाभ मिल रहा है उन्होंने आज मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र की लागधार पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आवासीय भवन खजरौण से भटाहण सड़क का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा में ये बात कही बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने अपने चुनाव क्षेत्र जसवां परागपुर के दौरे के दौरान आज डाडासीबा में मुद्रिका बस को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि ये इलाका काफी बिखरा हुआ है और मुद्रिका बस के चलने से लोगों को आवागमन की सुविधा होगी इस दौरान बिक्रम ठाक्र ने जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष के संबंधित अधिकारियों को निपटारे के निर्देश दिए संकल्प रैली भाजपा युवा मोर्चा ने आज प्रदेशभर में विजय संकल्प बाईक रैली निकाली सोलन में निकाली गई रैली का र्सोलन पहंचने पर भाजपा उपाध्यक्ष गणेशदत्त जबकि चायल में सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने स्वागत किया गणेशदत्त ने बताया कि प्रदेशभर में संकल्प बाईक रैली युवा मोर्चा द्वारा चलाई जा रही है जिसका उददेश्य आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाना है इस रैली के माध्यम से सभी विधानसभाओं को एक सूत्र में पिरोकर पार्टी के कल्याणकारी योजनाओं के बारे जानकारी देना है कुल्लू के भुंतर से निकालों गई विजय संकल्प बाईक रैली को सांसद राम स्वरूप शर्मा ने झंडी दिखाई इस मौके उन्होंने कहा कि बारिश के बावजूद युवाओं में रैली को लेकर काफी उत्साह रहा और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया

ऊना में रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने रवाना किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारा है

सुजानपुर मंडल की रैली को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल टौणी देवी से झण्डी दिखाकर रवाना किया प्रेम कमार ध्रमल ने रैली में शामिल कार्यकर्ताओं से यातायात नियमों का पालन करने का आहवान किया मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाको में आज सुबह से रूक रूक कर हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में वर्षा हो रही है इस हिमपात व वर्षा से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में हिमपात से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं

लोगों ने पुलिस वायरलेस के माध्यम जिला प्रशासन को समस्याओं से अवगत करवाया उन्होंने सरकार से घाटी में रिथिति सामान्य बनाने की अपील भी की कुल्लू व किन्नौर जिलों में रूक रूक कर हिमपात व कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा का समाचार है

उपायुक्त ने लोगों और सैलानियों को अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने व देर रात वाहन न चलाने की सलाह दी है राजधानी शिमला सहित निचले जिलों में व्यापक रूप से वर्षा हो रही है

अनुराग सांसद अनुराग ठाक्र ने आज बिलासपुर जिले के झण्ड्रता में आयोजित सांसद स्वास्थ्य जांच मेले का शुभारंभ किया

उन्होंने संसदीय क्षेत्र में करवाए गए विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख भी किया

इस मौके विधायक जीतराम कटवाल भी मौजूद थे